देष की राजधानी नई दिल्ली में निर्भया से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के चारों दोषियों को आज सुबह साढ़े पांच बजे तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई दिल्ली की एक अदालत ने फांसी रोकने की याचिकाओं को कल खारिज कर दिया था अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेद्र राणा ने कहा था कि फांसी टालने का कोई वैध कारण नहीं है आज जिन दोषियों को फांसी दी गई उनमें अक्षय ठाकुर पवन गुप्ता मुकेष सिंह और विनय शर्मा शामिल हैं जानकारी हो कि सोलह दिसंबर दो हजार बारह को निर्मया से बस में सामूहिक द्व्कम हुआ था इसके बाद उसे घायल कर सड़क पर फेक दिया गया था इलाज के दौरान निर्भया की मौत हो गई थी दुष्कम की घटना में छह लोग शामिल थे इनमें से एक राम सिंह ने दो हजार तेरह में फांसी लगा ली वहीं एक नाबालिग सुधार गृह में रहने के बाद तीन साल पहले बाहर आ चुका है निर्भया के दोषियों ने जो भी याचिकाये सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी उन्हें तुरंत सुनवाई कर खारिज कर दिया गया प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से निपटने में पूरी तरह सहयोग करें उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतवासी का सतर्क और सजग रहना बहत जरूरी है

उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि वे कृछ सप्ताह जहां तक संभव हो घर से बाहर न निकलें

श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा जनता कर्फ़यू की सफलता और इसके अनुभव हमें आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करेंगे

श्री मोदी ने कहा कि भारत सरकार स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए है

प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी तक विज्ञान इस महामारी से बचने का कोई निश्चित उपाय नहीं सुझा सका है और न ही इसका कोई टीका बन पाया है इसलिए चिंता बढ़ना बहुत स्वभाविक है प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि देश में दूध खाने पीने का सामान दवाइयों और जीवन के लिए अन्य आवश्यक वस्तुओ की कमी ना हो इसके लिए सरकार सभी उपाय कर रही है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में यह जानकारी दी श्री लव अग्रवाल ने कहा कि सचिवों की समिति और केन्द्रीय मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के आधार पर बहत से उपाय किए गए हैं संयुक्त सचिव ने कहा कि इक्कीस और बाईस मार्च की मध्य रात्रि से कोई भी निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान किसी विदेशी हवाई अड्डे से भारत के लिए नहीं उड़ेगा उन्होंने बताया कि यह आदेश अठाईस और उनतीस मार्च की मध्य रात्रि तक लागू रहेंगे बाईस मार्च से कोई भी विदेशी या भारतीय विमान देश में नहीं उतरने दिया जाएगा सरकार ने भीडभाड वाले इलाकों में लोगों के आपस में एक निष्चित द्री बनाए रखने के दिशा निर्देश जारी किए हैं बसों ट्रेनों मेट्रो और विमानों की संख्या भी कम करने को कहा गया है

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह के बाद बुधवार रात को सभी शैक्षनिक संस्थाओं को परीक्षाएं रोकने की सलाह दी थी इसके पहले सीबीएसई ने तुरंत इस पर अमल करते हुए अपनी परीक्षाएं स्थगित कर दी थी

आयोग ने तीस मार्च को होने वाली जुनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा भी टाल दी है नई तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी वहीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी कल सभी विश्वविद्यालयों और संबद्ध मान्यता प्राप्त कॉलेजों को इस महीने के अँत तक परीक्षाएं स्थगित करने के निर्देश दिए इस अवधि के दौरान मूल्यांकन का काम भी निलंबित रहेगा

अनावश्यक यात्रा टालने और वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा न करने के लिए प्रेरित करने के लिए मरीजों छात्रों और दिव्यांगजनों के अलावा सभी श्रेणी के रियायती टिकटों की सुविधा कल मध्यरात्रि से निलंबित की गई है यह आरक्षित और अनारक्षित दोनों श्रेणियों के टिकटों पर लाग होगी गैर जरूरी यात्रा और रेलगाडियों में भीड़माड़ कम करने के लिए एक सौ पचपन गाड़ियों को इक्कतीस मार्च तक रद्द किया गया है इन रेलगाडियों के मार्ग पर अन्य रेलगाडियां उपलब्ध है रदद की गई ट्रेनों में रांची पटना ट्रेन संख्या अठारह हजार छह सौ तैंतीस और चौतीस तथा धनबाद भूवनेष्वर गरीब रथ ट्रेन संख्या बारह हजार आठ सौ इक्कतीस को तीस मार्च तक रदद किया गया है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल विधानसभा में कहा कि पारा पिक्षकों के स्थायी करने के मामले में प्रषासनिक सुधार आयोग निर्णय लेगा श्री सोरेन ने कल आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेष महतो के सवाल पर सदन को यह विष्वास दिलाया उन्होंने कहा कि आयोग के अनुषंसा पर सरकार पारा षिक्षकों को नियमित और स्थायी करने पर विचार करेगी उच्चतम न्यायालय ने मध्यप्रदेश विधानसभा में शक्ति परीक्षण आज शाम पांच बजे तक प्ररा करने का निर्देश दिया है न्यायालय ने कहा है मतदान हाथ उठाकर किया जाए भारतीय जनता पार्टी नेता शिवराज सिंह चौहान की याचिका पर न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कल यह फैसला सुनाया